इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अमिमावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए देश के सभी स्कूलों के कक्षा छः से बारह के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम का आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारण सुनने और देखने का अनुरोध किया जा रहा है यह कार्यक्रम द्रदर्शन के डीडी नेशनल द्रदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चकबंदी के सभी लंबित मामलों के छह माह के भीतर निपटारे के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में राज्य के चकबंदी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने जिलेवार समीक्षा करते हुए चकबंदी अधिकारियों से उनके जिले का हाल जाना प्रदेश में चकबंदी के एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में लंबित एक सौ पैसठ मामलों के निपटान के लिए भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि कई गांवों में पच्चीस वर्षों से अधिक समय से चकबंदी के मामले लंबित हैं उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक मामलों को लंबित रखने का अर्थ एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है उन्होंने अधिकारियों को चकबंदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलविलवा गांव और हाथरस के गोपालपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह लोगों ने यहां स्वेच्छा से चकबंदी कराई उसी प्रकार अधिकारी अन्य जनपदों में भी लोगों को स्वैच्छिक चकबंदी के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने चकबंदी प्रक्रिया के दौरान गांवों में गौचर स्थल खलिहान खेल के मैदानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए स्थान छोड़ने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने चकबंदी अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर उन्हें चकबंदी से होने वाले लाभ के बारे में भी जागरुक करने को कहा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद उन्नीस के तहत इंटरनेट सेवा मूल अधिकार है न्यायालय ने आज जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि केन्द्रशासित प्रदेश में लगे प्रतिबंध के सभी आदेशों की एक सप्ताह के अदर समीक्षा की जाए न्यायमर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रशासन को अस्पतालों और शिक्षण केन्द्रों जैसी आवश्यक सेवाए उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया पीठ ने कहा कि प्रेस की आजादी मूल्यवान और पवित्र अधिकार है तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और आरसुभाष रेड्डी शामिल हैं पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए निषेवाज्ञा का अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पीठ ने कहा कि निषेवाज्ञा आदेश जारी करते समय मजिस्ट्रेटों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए पीठ ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए जिनमें पांच अगस्त को अनुछेद तीन सौ सत्तर के प्रावधान निरस्त करने के केन्द्र के कदम के बाद जम्मू कश्मीर में लागू प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे राजनीतिक तुष्टिकरण और ध्रवीकरण के खेल में एक दूसरे से स्पर्वा कर रहे हैं आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल देश भर में अधिनियम के बारे में हिंसा फैला रहे हैं पौष पूर्णिमा पर आज लाखों श्रद्वालुओं ने प्रदेश की पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की प्रयागराज में संगम तट पर आज तड़के से ही कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्वाल् स्नान के लिए पहंचना श्रू हो गए और दिन भर यह कम जारी रहा आज से संगम तट पर माघ मेला भी शुरू हो गया जिसमें देश भर से श्रद्वाल पहच रहे हैं तैतालीस दिनों तक चलने वाले माघ मेले का समापन अगले माह इक्कीस फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ होगा संगम तट पर कल्पवास के लिए भी श्रद्वालु और साधु संत जुट रहे हैं कल्पवास के दौरान एक माह तक श्रद्वालु संगम तट पर रहकर व्रत भजन पूजन स्नान दान पुण्य आदि करेंगे वाराणसी में भी आज सुबह से श्रद्वालु गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में भी आज सुबह से ही गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए श्रद्वालु पहुंचना शुरू हो गए